सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है

लेकिन कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अब भी ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं

पिछले कई दिनों से हर रोज तीन लाख से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो रहे हैं

कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों में इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं इसकी मांग बढ़ने पर सरकार ने दवा उत्पादकों से इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा है साथ ही विदेशों से मिलने वाली इस दवा का केन्द्रीय औषध विभाग ने राज्यों को समुचित आवंटन किया है

इधर प्रदेश में भी टीकाकरण का काम उत्साह के साथ जारी है चूरू में टीकाकरण केन्द्रों पर दिनभर लोगों का आना जारी रहा ब्रंदी में बड़ी संख्या में युवा टीके लगवाने पहुंच रहे हैं टीका लगवाने के बाद बूंदी शहर की एक युवती सोनिया पंवार ने कहा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए

श्री गहलोत ने ट्विट कर कहा है कि सरकार उनके साथ है उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना से बचाव करना सरकारी की प्राथमिकता है

इसके तहत पुलिस सीकर के धोद क्षेत्र में बिना वजह घूमने वालों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है

ब्रंदी के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने वर्च्यअल बैठक कर जिले में कोविड उपचार स्थिति की समीक्षा की और विवाह के आयोजन के बारे में जारी गाइड लाईन की पालना कराने के आदेश दिये उधर बीकानेर में रेंज आईजी प्रफल्ल कुमार ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों की पालना की अपील की

इसके लिए विभिन्न संस्थाएं और भामाशाह भी आगे आ रहे है

उत्तर पश्चिम रेलवे महिला संघठन की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जयपुर में स्टीम इन्हेलर दिये गये सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीजों के बेहतर उपचार के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जिसके तहत सिरोही जिले के सरकारी चिकित्सालयों में कोविड मरीजों के बैड के पास एक राईटिंग पेड लगाया गया है जिसमें चिकित्साकर्मी मरीज की जांच का विवरण अंकित कर रहे हैं

दुनियाभर में मशहूर फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्म दिन को नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है

इससे नर्सिंग कर्मियों को दूरदराज से रजिस्ट्रेशन करने और अन्य कामों के लिए जयपुर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी

अलवर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार है

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले तीन चार दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है